प्रधानमंत्री ने कहा कि एक वक्ता के रुप में अटल जी अतुलनीय थे और वह भारत के सर्वोत्तम वक्ताओं में शामिल हैं श्री मोदी ने कहा कि कुछ लोग जब सत्ता से बाहर होते हैं तो वे धैर्य खो देते हैं अटल जी लंबे समय तक विपक्ष में रहे लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय हित का ध्यान रखा और कभी समझौता नहीं किया असम अरुणाचल प्रदेश के लाखों लोगों की आशा और आकांक्षाओं का सेतु बोगीबिल को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन सुशासन दिवस के अवसर पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे

एशिया के दूसरे सबसे लंबे रेल सड़क पुल बोगीबिल की मियाद कम से कम एक सौ बीस साल है इससे असम से अरुणाचल प्रदेश के बीच की यात्रा दूरी काफी कम हो जाएगी इसके अलावा दिल्ली से डिब्रगढ़ रेल यात्रा समय तीन घंटे घटकर चौतीस घंटे रह जाएगा अरुणाचल सीमा से सटे होने के कारण सामरिक दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण हैं भारतीय रेल के इस पुल की आधारशिला साल दो हजार दो में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी और दो हजार सात में इसे नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया लेकिन पिछले चार पांच साल से इसका निर्माण तेजी से हुआ और अब बहुप्रतिक्षित पुल न केवल असम अरुणाचल के बीच आवागमन को बहुत आसान बना देगा बल्कि देश की आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा कल प्रधानमंत्री तिनसुकिया नाहरलगुन इंटरसिटी ट्रेन को भी रवाना करेंगे जिससे असम और अरुणाचल के बीच रेल यातायात का दायरा और बढ़ जायेगा इसके साथ अरुणाचल प्रदेश के तिरप लोंगडिंग चांगलांग लोहित नामसाई अंजाव लोअर दिवांग वैली दिवांग वैली जिले के लोगों का राजधानी ईटानगर सहित प्रदेश के दूसरे ईलाकों से साल भर संपर्क बना रहेगा बोगीबिल ब्रिज जो कि असम के धेमाजी जिले में पड़ता है उससे सटे अरुणाचल प्रदेश के सियांग बेल्ट के लोगों के लिए सदैव डिब्रगढ़ शहर चिकित्सा और शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है लेकिन पहले नदी के रास्ते मरीजो को लेकर जाना एक चुनौतीपूर्ण रहा है लेकिन अब बोगिबिल पुल से इन समस्याओं का हल हो गया है

इसका उद्देश्य उपभोक्ता आन्दोलन के महत्व और उपभोक्ताओं के अधिकारों तथा दायित्वों के बारे में जागरुक करना है इस वर्ष का विषय है समय पर उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान

इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण से बचाना है अधिनियम के तहत खराब माल सेवाओं में कमी और व्यापार में घोखाधड़ी से निपटने के प्रावधान हैं हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि इस महीने की बीस तारीख को लोकसभा में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक दो हजार अट्ठारह पारित किया गया था यह विधेयक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उन्नीस सौ छियासी का स्थान लेगा इसमें जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवादों के समाधान का प्रावधान किया गया है जिला आयोगों को एक करोड़ रुपये तक राज्य स्तर के आयोगों को पंद्रह करोड़ रुपये तक के दावों को निपटाने का अधिकार दिया गया है पंद्रह करोड़ रुपये से अधिक राशी तक के दावों का निपटान राष्ट्रीय आयोग करेंगे इसमें खान पान में मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएससी की बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा अगले साल पंद्रह फरवरी से तीन अप्रैल तक और दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा इक्कीस फरवरी से उनतीस मार्च तक होगी सीबीएससी ने दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा की तिथियों की घोषणा की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

आज का अधिकतम तापमान अटठाईस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान ग्यारह दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया